विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कहा है कि विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षा सितम्बर के अंत में होगी स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी नई सूची के अनुसार रायपुर सहित एक सौ पांच विकासखंडों को रेड जोन घोषित किया गया

सीबीएसई पाठ्यक्रम कटौती केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने लॉकडाउन के कारण हुई क्षति की पूर्ति के लिए नौवीं से बारहवीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम में तीस प्रतिशत तक की कटौती की है केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि मूल संदर्भ को बनाए रखते हुए पाठ्यक्रम को तर्कसंगत बनाने का फैसला किया गया है उन्होंने कहा कि देश और दुनिया में असाधारण स्थिति है सीबीएसई को पाठ्यक्रम संशोधित करने और नौवीं से बारहवीं तक के छात्रों पर पाठ्यक्रम का बोझ कम करने की सलाह दी गई है विश्वविद्यालय परीक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने परीक्षाओं से संबंधित अपने पूर्व के दिशानिर्देशों में संशोधन किया है सुरक्षा विद्यार्थियों की प्रगति और व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए यूजीसी ने तय किया है कि इंटरमीडिएट सेमेस्टर के छात्र छात्राओं का मूल्यांकन पूर्व के दिशा निर्देशों के मुताबिक आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर होगा यूजीसी ने यह भी तय किया है कि अंतिम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं की परीक्षा सितंबर में होगी जो कि पहले जुलाई में होनी थी इस बीच गृह मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थाओं को परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति दे दी है उच्च शिक्षा सचिव को लिखे एक पत्र में कहा गया है कि अंतिम सत्र की परीक्षाएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार संचालित की जानी चाहिए ये परीक्षाएं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की मानक संचालन प्रक्रिया और विश्वविद्यालयों के शैक्षिक वर्ष के अनुरूप होंगी आवासीय प्रयास विद्यालय परीक्षा प्रदेश में संचालित प्रयास आवासीय विद्यालय में कक्षा नवमीं में प्रवेश के लिए परीक्षा चौदह जुलाई को आयोजित की जाएगी कोरोना संक्रमण से बचाव को ध्यान मे रखते हुए आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग को संचालक ने सभी जिला कलेक्टरों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं निर्देश में कहा गया है कि यदि किसी जिले में परीक्षा केन्द्र स्थल कंटेनमेंट जोन एरिया में आता है तो ऐसी दशा में परीक्षार्थियों के लिए वैकल्पिक परीक्षा केन्द्र की स्थापना की जाए और इसकी सूचना परीक्षार्थियों को समय रहते दे दी जाए परीक्षा के दौरान दो छात्रों के बीच छह फीट की दूरी रखना जरूरी होगा साथ ही सभी छात्र अनिवार्य रूप से मास्क पहनकर परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करेंगे शिक्षा का अधिकार राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से निजी अशासकीय विद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश और आवेदन प्राप्त करने की तिथियां निर्धारित कर दी हैं राज्य में चालू सत्र में प्रवेश के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के लिए पहले चरण की लॉटरी पन्द्रह जुलाई को निकाली जाएगी इसके लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि दस जुलाई निर्धारित की गई है संचालक लोक शिक्षण ने जानकारी देते हुए बताया कि आवेदन फार्म भरने के संबंध में अथवा किसी प्रकार की समस्या होने पर हेल्पलाईन नम्बर शून्य एक एक चार एक एक तीन दो छह आठ नौ पर सम्पर्क किया जा सकता है रेड ऑरेंज जोन प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच स्वास्थ्य विभाग ने रेड ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले विकासखंडों की नई सूची जारी की है इस सूची के अनुसार रायपुर शहर सहित एक सौ पांच विकासखंडों को रेड जोन में रखा गया है वहीं तीस विकासखंड ऑरेंज जोन घोषित किए गए हैं प्रति लाख जनसंख्या पर नमूनों की जांच दर कम होने की वजह से कुछ विकासखंडों को सक्रिय प्रकरण नहीं होने के बाद भी ऑरेंज जोन में शामिल किया गया है कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या इनके दोगुने होने की दर और प्रति एक लाख जनसंख्या पर नमूनों की जांच की ताजा स्थिति के आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार यह वर्गीकरण बीते पांच जुलाई तक की स्थिति के आधार पर किया गया है गौरतलब है कि इस सूची को प्रति सोमवार नये सिरे से वर्गीकृत किया जाता है कोरोना मरीज राजधानी रायपुर में आज चालीस नये कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं सबसे अधिक बीरगांव क्षेत्र में कोरोना संक्रमित मरीज की पहचान की गई है इनमें पुलिस और सफाई कर्मी स्वास्थ्य कर्मचारी कबाड़ का व्यापार करने वाला छात्र बिजली मिस्त्री पेंटर और आंगनबाड़ी से जुड़ी महिलाकर्मी शामिल हैं वहीं दुर्ग जिले में बीती रात तक तीन नये कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है इनमें भिलाई इस्पात संयंत्र के एक अधिकारी और एक कर्मचारी भी शामिल हैं इसके बाद संयंत्र के पर्चेस मैनेजर के कक्ष को सील कर दिया गया है साथ ही इनके संपर्क में आए ग्यारह लोगों को होम क्वारेंटाइन किया गया है इधर बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के बाद आज एक ग्रामीण कोरोना संक्रमित पाया गया है बताया जाता है कि यह मजदूर आंध्रप्रदेश से लौटा था और इसे मुरकीनार में क्वारेंटाइन सेंटर में रखा गया था उधर बलौदाबाजार जिले में बीती रात तक नौ नये कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है इसमें तीन मरीज कसडोल नगर के हैं जो हाल ही में किर्गिस्तान से लौटे हैं इस बीच कोंडागांव जिले के विश्रामपुरी इलाके में विवाह के दौरान निर्धारित संख्या से अधिक बाराती लाने और डीजे बजाकर शोर करने के मामले में पुलिस ने दूल्हे सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है कोरोना जांच इस बीच कोरोना के खिलाफ जारी जंग में राजधानी स्थित पंडित जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के माइक्रो बायोलॉजी विभाग सक्रिय भूमिका रहा है इस विभाग में आरटीपीसीआर जांच के लिए आईसीएमआर के मापदंडों के अनुरूप उच्च स्तरीय बीएसएल टू लैब विकसित की गई है कम समय में ही इस लैब ने प्रतिदिन एक हजार से बारह सौ कोरोना सैंपल की जांच की क्षमता हासिल कर ली है छह जुलाई तक प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक पचास हजार से अधिक कोरोना सैंपल की जांच की जा चुकी है इनमें से अब तक बारह सौ तीस सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं लैब में तीन पालियों में लगभग पचपन लोगों की टीम दिनरात कार्य कर रही है

इस दौरान उन्होंने कहा कि गुंडों और हिस्ट्रीशीटरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए श्री अवस्थी ने चिटफंड कंपनी संचालकों को जेल भेजने और उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई करने को कहा साथ ही इस मामले में निर्दोष एजेंटों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करने की बात भी कही अंबिकापुर हडताल वापस अंबिकापुर के जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों से मारपीट करने के आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है इसके बाद अस्पताल के डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल को समाप्त कर दिया और साथ ही ओपीडी फिर से चालू कर दी है एसीबी कार्रवाई एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की टीम ने आज तीन अलग अलग जिलो में दबिश देकर पटवारी सहित दो अधिकारियों को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है साथ ही तीनों आरोपियों से रिश्वत की रकम भी बरामद की है यह कार्रवाई एसीबी रायपुर अंबिकापुर और बिलासपुर टीम द्वारा की गई मिली जानकारी के अनुसार जिला पंचायत बिलासपुर में रूर्बन मिशन के समन्वयक को पैंतीस हजार रूपए सूरजपुर जिले के विकासखंड शिक्षा अधिकारी को पच्चीस हजार रुपये और बेमेतरा जिले के नवागढ़ थाना अंतर्गत गोपालपुर गांव की महिला पटवारी को अट्ठाईस सौ रूपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है माओवादी अपहरण दंतेवाड़ा जिले में माओवादियों द्वारा आरक्षक के माता पिता के अपहरण करने का मामला सामने आया है मिली जानकारी के अनुसार जिले के गुमियापाल गांव में बीती रात माओवादियों ने आरक्षक के घर में पहुंचकर उसके माता पिता का अपहरण कर लिया घटना के बाद माओवादियों के कब्जे से दंपत्ति को छुड़ाने के लिए पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है परिवहन कार्यालय शुभारंभ प्रदेश के परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कल नवा रायपुर अटल नगर में एकल क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के कार्यालय का शुभारंभ किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस कार्यालय के शुरू होने से अब वाहन मालिकों को परमिट और अन्य संबंधित कार्यो के लिए भटकना नहीं पड़ेगा उन्होंने बताया कि इस कार्यालय में राज्य के सभी संभाग के वाहन मालिकों के वाहन परमिट से संबंधित आवेदनों की सुनवाई होगी और इनके निराकरण में गति भी आएगी साथ ही कार्यालय में पुराने परमिट के नवीनीकरण का कार्य भी किया जाएगा गौरतलब है कि इसके पहले वाहन मालिकों को काउंटर साईन के लिए अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता था जिससे समय और धन दोनों ज्यादा लगता था ट्रेन परिचालन हावड़ा मुंबई हावड़ा और हावड़ा अहमदाबाद हावड़ा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन अब प्रतिदिन के स्थान पर सप्ताह में एक दिन होगा हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन आगामी दस जुलाई से हावड़ा से चलेगी और इसी प्रकार अहमदाबाद हावड़ा स्पेशल ट्रेन तेरह जुलाई को अहमदाबाद से चलेगी वहीं हावड़ा मुंबई स्पेशल ट्रेन पन्द्रह जुलाई को हावड़ा से और सत्रह जुलाई को मुंबई से हावड़ा के लिए चलेगी दोनों स्पेशल गाड़ियों के समय और ठहराव में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है उन्नत कृषि कार्यक्रम किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने के लिए महासमुंद जिले में उन्नत कृषि कार्यक्रम की शुरूआत की गई है इस परियोजना में कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा जिले के पांच गांवों साराडीह बिरकोनी बरबसपुर परसवानी और अछोला का चयन किया गया है इन पांचों गांवों के पचास किसानों का चयन कर इन्हें उन्नत खेती के लिए प्रशिक्षण और तकनीकी जानकारी दी जा रही है अधिकारियों ने बताया कि इस परियोजना के तहत धान की जिंको राइस किस्म किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है साथ ही किसानों को धान फसल की मेंढ़ पर लगाने के लिए अरहर बीज और खरपतवार नाशक भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं अधिकारियों ने बताया कि जिंको किस्म के धान को लगाने पर किसानों को प्रति एकड़ पचास से साठ हजार रूपए का फायदा होगा परियोजना के तहत किसानों को फसल उत्पादन के साथ ही बागवानी और मशरूम उत्पादन के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे किसानों की आय में बढ़ोत्तरी हो सके इस बीच केन्द्र सरकार ने कहा है कि खरीफ फसल के मौसम के दौरान देश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है केन्द्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डी वी सदानंद गौडा ने कहा कि राज्य सरकारों के साथ सलाह मश्विरा करके उर्वरक का पर्याप्त भंडार तैयार किया गया है सावन मेला बलरामपुर जिले के तातापानी में हर साल सावन महीने में आयोजित होने वाले मेले को इस साल स्थगित कर दिया गया है मिली जानकारी के अनुसार कोरोना संक्रमण से बचाव और सुरक्षा के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है गौरतलब है कि यदि मेले का आयोजन किया जाता तो बड़ी संख्या में श्रद्वालुओं के पहुंचने की संभावना थी जिससे कोरोना वायरस के प्रसार का खतरा बढ़ सकता था आकाशीय बिजली उपाय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए ने आकाशीय बिजली से बचने के बारे में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता पर बल दिया है ताकि बिजली से लोगों की जान जाने की अप्रिय घटनाओं को रोका जा सके देश के कई भागों में बिजली गिरने से लोगों की जान जाने की हाल की घटनाओं के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है आकाशवाणी से विशेष बातचीत में एनडीएमए के सदस्य कृष्ण वत्स ने बिजली गिरने के दौरान किए जाने वाले सुरक्षा उपायों की जानकारी दी बहुत लोग वृक्ष के नीचे खड़ेहो जाते है और उससे खतरा बढ़ जाता है जब वृक्ष के आसपास वज्रपात होने की संभावना और ज्यादा हो जाती है बस लेट जाना जमीन पर और नहीं तो दूसरी कहीं अलग बगल में किसी इमारत में संरक्षण लेना ये मुख्य उपाय हैं

मौसम प्रदेश में अगले चौबीस घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने अथवा गरज चमक के साथ छीटें पड़ने की संभावना है वहीं एक दो स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों और उसके आसपास बने निम्नदाब के क्षेत्र के कारण प्रदेश के अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है जबकि बस्तर संभाग में एक दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है संक्षिप्त समाचार कोरिया जिले के परसगड़ी मार्ग पर मनेन्द्रगढ़ थाना की पुलिस ने दो क्विंटल गांजे के साथ दो चारपहिया और एक दुपहिया वाहन जब्त किया है इस मामले में चार लोगों को हिरासत में लिया गया है वहीं महासमुंद जिले को चैनडीपा गांव के पास पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक व्यक्ति से सात किलो गांजे के साथ दुपहिया वाहन मोबाइल और नगद राशि जब्त की है इसी जिले के कुल्लू चौकी क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा वृद्ध महिला की हत्या करने का मामला सामने आया है राजनांदगांव जिले के घुमका से लगे कलेवा गांव में रकम दोगुना करने का झांसा देकर पार्षद से पांच लाख रूपए की ठगी करने की घटना सामने आई है इस मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है बलौदाबाजार जिले के संडी गांव में एक कपड़ा दुकान में डकैती डालने के आरोपी सभी पांच लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है गिरफ्तार आरोपियों से डकैती में इस्तेमाल किए गए चाकू के अलावा जेवरात और नगद रकम बरामद की गई है इसी जिले की कोतवाली पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर उसके पास से सात सौ बीस नग नशीली दवाई बरामद की है कोंडागांव के केशकाल थाना अंतर्गत तोषकपाल गांव में करंट की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई